उत्तराखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है जबकि पूर्व केन्द्रीय मंत्री आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल होंगे एक अन्य पूर्व केन्द्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बनाये गये हैं वे कलराज मिश्र का स्थान लेंगे जिन्हें राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया है उधर डाक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन तेलंगाना के राज्यपाल पद की जिम्मेदारी संभालेंगे

इसके अलावा बिना लाइसेंस वाहन चलाने वालो पर पांच हजार रुपये जुर्माना देना होगा

पोषण माह आज से पूरे सितंबर महीने तक देशभर में राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाएगा इस आयोजन का इस वर्ष का विषय है पूरक आहार

मध्यप्रदेष के भी सभी जिलों में यह अभियान संचालित होगा

बालश्रम राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा है कि बालश्रम को रोकने के लिए बनाये गये कानूनो का सख्ती से पालन किया जाना चाहिये बालश्रम के मामले में पुलिस प्रकरण भी शीघ्र कायम होना चाहिये श्री कानूनगो ने आज ग्वालियर में विभागीय अधिकारियों के साथ बाल अधिकारो के संबंध में किये जा रहे कामकाज की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिये उन्होंने बताया कि बाल आयोग बच्चों के शिक्षा स्वास्थ्य पोषण और बालश्रम की रोकथाम के लिए लगातार कार्य कर रहा है उन्होंने कहा कि बच्चों को उनके अधिकार मिलें यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये तीज भारतीय परंपराओं और लोक मान्यताओं के अनुसार पति की लंबी उम्र की कामना का त्यौहार तीज आज मनाया जा रहा है इस अवसर पर मंदिरों में विशेष साज सज्जा की गई है साथ हीं बाजारों में भगवान शिव पार्वती की मिट्टी की मूर्तियों और तीज त्यौहार के पूजन सामग्री की खरीदारी के लिए महिलाओं की भीड़ भी नजर आ रही है आज महिलायें समूह में इकट्ठा होकर रतजगा करेंगीं और शिव पार्वती की आराधना करेंगी बारिश फसल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का दौर जारी है इसके कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है बारिश के कारण फसलों पर भी विपरीत असर पड़ रहा है अधिक बारिश के कारण फसलें खराब हुई हैं जिनका प्रशासन द्वारा आकलन किया जा रहा है

कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों एवं पटवारियों को निर्देश दिये हैं कि किसानों को शीघ्र फसल बीमा योजना का लाभ दिलवाने की कार्यवाही प्रारंभ की जाये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

कबाड़ी मुरैना शहर को पॉलीथिन से मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने आज से विशेष अभियान प्रारंभ किया है जन सहयोग से प्रारंभ हुए इस अभियान को मैं हूं कबाड़ी नाम दिया गया है

इसके साथ ही ठेलेवालों और दुकानदारों को कागज और कपड़ों के थैलों का वितरण भी किया गया अभियान के दौरान पर्यावरण को बेहतर बनाये रखने के लिए पौधरोपण भी किया गया शहर में यह अभियान आगामी दो अक्टूबर तक चलेगा

रैली में लोगों को नशा न करने का संदेश दिया

इसकी शुरूआत नगर पालिका श्योप्र से होगी